अब समाचार विस्तार से मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हर किसी को अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी होगी और अगले कई दिनों तक लक्ष्मण रेखा का पालन करना होगा

उन्होंने लोगों को हो रही कठिनाइयों के लिए क्षमायाचना भी की प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने वाले अपने जीवन से खेल रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे अनेक योद्वा हैं जो घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि हमारी नर्स बहनें डाक्टर और पैरा मेडिकल स्टॉफ कोरोना को पराजित कर च्के हैं उन्होंने कहा कि देश को भी इन लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है

उपराष्ट्रपति ने आपदा प्रबंधन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए लोगों से पीएम केयर्स कोष में भी अंशदान करने की अपील की है झाब्आ सांसद ग्मानसिंह डामोर ने प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना एक माह का वेतन तथा सांसद निधि से एक करोड की धनराशि भेजी गई है

फ्रांस में इस महामारी से दो हजार लोगों की जानें गई हैं ब्रिटेन में मुतकों की संख्या एक हजार को पार कर गई है जबकि बेल्जियम में एक ही दिन में साढ़े तीन सौ से अधिक लोग मारे जाने से कुल मृतकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है

इसके अलावाअगले तीन चार दिन लॉक डाउन में कोई छूट नहीं मिलेगी आवश्यक वस्त्ओं की सप्लाई डोर ट्र डोर कराने की व्यवस्था पर भी चर्चा की गयी मण्डला में जिला दण्डाधिकारी ने दिए भ्रामक पोस्ट डालने वाले व्यक्तियों पर वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं सिंगरौली में कोरोना संक्रमण के आदेश का पालन न करने पर नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्रधिच्आ प्रोजेक्ट के एक अधिकारी पर पर एफआईआर दर्ज की गई है अनूपप्र में मकान मालिक से कहा गया है कि यदि कोई मकान मालिक अपने परिसर को खाली करने के लिए मजदूरों और छात्रों को मजबूर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी बैतूल में कलेक्टर एवं प्लिस अधीक्षक ने रविवार को मुलताई एवं सारनी क्षेत्र का भ्रमण कर यहां उपलब्ध स्वास्थ्य स्विधाओं की जानकारी ली

खरगोन में लॉक डाउन अवधि में आवागमन साधन बन्द होने के कारण जो परिवार अपने घरों या अपने निवास स्थानों से अन्यत्र स्थानों पर रूके हए है उनके भोजन के लिए खाद्यान्य आवंटित किया जा रहा है

श्री चौहान ने कहा कि जिन गरीब लोगो के पास राशन कार्ड नहीं है

प्रदेश में गरीब एवं बेसहारा लोगों के लिए खादयान्न की समुचित व्यवस्था की जा रही है

विश्वविदयालय जागरूकता प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविदयालय विश्वव्यापी कोरोना संकट से निपटने और छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं विश्वविद्यालयों द्वारा सोशल नेटवर्किग साइट्स का उपयोग किया जा रहा है

गहमंत्रालय प्रवासी मजदर केंद्र ने बड़ी संख्या में अपने गृह राज्यों को लौट रहे प्रवासी मजद्रों की आवाजाही रोकने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कदम उठाने को कहा है मंत्रालय ने उद्योगों द्रकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित नियोक्ताओं से अपने कामगारों को निर्धारित तिथि पर मजद्री का भ्गतान करने को कहा है मकान मालिकों को भी ऐसे कामगारों से एक महीने का किराया नहीं लेने को कहा गया है मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि मजदूरों और विद्यार्थियों को मकान खाली करने पर बाध्य करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

अनेक नागरिक इस कोष में उदारता पूर्वक दान कर रहे है

आईएएस एसोसिएशन मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड अभिनेता अक्षय क्मार वरूण धवन क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना ने भी पीएम केयर्स में अपना योगदान किया है अब कुछ समाचार संक्षेप में रक्षा अन्संधान और विकास संगठन नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में ज्टे देश के स्वास्थ्यकर्मियों को जल्द ही आध्निक वेंटीलेटर फेस मास्क और व्यक्तिगत स्रक्षा उपकरणों से लेस करेगा राज्य शासन ने प्रम्ख सचिव मनीष रस्तोगी को म्ख्यमंत्री का प्रम्ख सचिव निय्क्त किया है श्री रस्तोगी को प्रम्ख सचिव राजस्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा राहत आय्क्त एवं प्नर्वास आय्क्त का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है

नई दरे एक अप्रैल से लागू होंगी मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालयीन अधिकारी एवं कर्मचारी वैश्विक आपदा कोरोना महामारी से निपटने के लिए म्ख्यमंत्री राहत कोष में संय्क्त रूप से एक दिन का वेतन देंगे छिन्दवाडा कल तेज बारिश ओले गिरने से परसिया जुन्नारदेव अमरवाड़ा मोहखेड़ बिछ्आ में गेंहू चना और सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है रायसेन जिले में नागरिकों को कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण तथा उससे बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी जा रही है कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे घरों से बाहर न निकलें